प्रधानमंत्री ने देशभर की महिलाओं से की अपील परिवार में सभी सदस्यों को टीका लगवाने की उठायें वे जिम्मेवारी राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उराँव ने कहा है कि झारखंड में कोरोना तेजी से फैल रहा है मुख्यमंत्री समेत सभी वरीय अधिकारियों की है कोरोना पर नजर और राज्य के कई जिलों में आज हुई हल्की बारिश आसमान में हल्के बादल छाये रहने से तापमान में वृद्धि होने के आसार

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाना है

बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव का आह्वान किया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में चार दिन के विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हए सभी देशवासियों से चार सिद्वांतों का पालन करने की अपील की है श्री मोदी ने व्यक्तिगत और सामाजिक साफ सफाई रखने की जरूरत पर जोर देते हुए इन चार सिद्धांतों पर बल दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि टीका उत्सव कोरोना महामारी के खिलाफ दूसरे बडे युद्ध की शुरूआत है उन्होंने आग्रह किया कि कोविड टीकों की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जिनकी पात्रता है वे टीका अवश्य लगवाएं प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी है कि हम खास जरूरत के बिना घर से बाहर न जाए प्रधानमंत्री ने परिवार में सभी को टीका लगवाने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं से संभालने की अपील की उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चार दिन के टीका उत्सव में व्यक्तिगत सामाजिक और प्रशासनिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर जन भागीदारी से कोरोना के खिलाफ संघर्ष में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकेगी

मुख्यमंत्री समेत सभी अधिकारी कोरोना पर नजर बनाये हुए हैं कोरोना के कारण जीवन और जीविका दोनों पर असर पड़ रहा है श्री उरांव ने कहा कि अभी लॉक डाउन की स्थिति नहीं आयी है लेकिन जरूरत पड़ी तो जीवन को बचाने के लिए लॉक डाउन लगाया जा सकता है

कोविड सेंटरों में मरीजों की भर्ती कराने के लिए कई जगहों पर बेड कम पड़ गए हैं भर्ती होने के लिए कई मरीज अपने घरों पर प्रशासन की मदद के इंतजार में हैं वहीं कई संक्रमित मरीजों ने पॉजिटिव आने के बाद अपने मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं ऐसे में जिला प्रशासन भी लोगों को कॉल सेंटर के माध्यम से ढूंढने में लगा है मरीजों की काउंसिलिंग कर उन्हें कोविड सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के बाद धनबाद जिला प्रशासन अब अतिरिक्त कोविड सेंटर खोल रहा है

इसके बावजूद लोग भीड़भाड़ वाले इलाके में भी बिना मास्क के लोग घूमते नजर आ रहे हैं सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने बताया कि धनबाद में संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है उन्होंने लोगों से अपील की है कि बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलें और भीड़ में नहीं जाएं

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों को कोविड टीका लेने की अपील की है उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए प्राथमिकता के आधार पर टीका लेना जरूरी है जाने माने फिल्म अभिनेता सचिन खेडकर ने लोगों से कोविड टीका लेने की अपील की है उन्होंने कहा कि लोगों को पूरे उत्साह से टीकाकरण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए

जिले के सिविल सर्जन ने कोविड प्रबंधन के प्रयास तेज कर दिये हैं

जिन चुनाव क्षेत्रों में वोट डाले जाने है वहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज नादिया और उत्तर चौबीस परगना जिलों में रैली और रोड शो किया दिलीप घोष मिथुन चक्रवर्ती और शुभेन्द् अधिकारी ने आज बर्धमान कोलकाता उत्तर चौबीस परगना और उत्तर दिनाजपुर तथा जलपाईगुड़ी में चुनाव प्रचार किया वहीं तुणमूल कांग्रेस की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में जनसभाएं और पूर्व बर्धमान क्षेत्र में रोड शो किया अभिषेक बनर्जी ने नादिया और उत्तर चौबीस परगना में रैलियों को संबोधित किया समाजवादी पार्टी की नेता और सांसद जया बच्चन ने आज कोलकाता में रोड शो किया इसके अलावा संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने भी आज कोलकाता में रैलियां आयोजित की

गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम यूपीए के पक्ष में जायेगा उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज की बदौलत झामुमो प्रत्याशी की जीत तय है

जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कई वर्षों से सारंडा जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों की पकड़ मजबूत होने से माओवादी गतिविधियों में कमी आयी थी लेकिन हाल के दिनों में नक्सलियों की गतिविधियां फिर से बढ़ने लगी हैं इससे पुलिस की ओर से छापामारी अभियान तेज कर दिया गया है

आरसेटी द्वारा पथरगामा के गांधीग्राम में महिला पश् चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है गांव में किसानों को बकरी पालन गोपालन मुर्गी पालन शुकर पालन आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहीं ग्रामीणों को घर की पालतू पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों के ईलाज से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है गोड़डा के पश्पालन पदाधिकारी डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना से ग्रामीणों की आय बढ़ेगी

जिले की पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीना के निर्देश पर सामुदायिक पुलिसिंग के तहत वर्दी मेरा जुनून की एक शाखा की शुरूआत लोहरदगा जिले के सदर प्रखंड स्थित भक्सो गाँव में की गई है

उपायुक्त तथा उप विकास आयुक्त ने पंचकठिया स्थित क्रांति स्थल पर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए भोगनाडीह स्थित शहीद सिदो कान्ह के वंशजों से मुलाकात की एवं उन्हें अंग वस्त्र भेंट किये

पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर और चाईबासा के आसपास आज तेज हवा के साथ बारिश हुई राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में भी आसमान में हल्के बादल छाये रहने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड से सटे राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चक्रवाती हवा का दवाब बनने से राज्य में यह स्थिति उत्पन्न हुई है मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान तेज हवा चल सकती है और गरज के साथ बारिश भी हो सकती है